कहा मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी पर दी हार्दिक बधाई कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के छोटे कन्टेनमेन्ट जोन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री के ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को आक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है केन्द्र सरकार राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई सर्वोपरि उपाय किए जा रहे हैं राज्यो में नए ऑक्सीजन प्लांट हो एक लाख नए सिलिप्डर पहुंचाने हो औद्योगिक इकाईयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो आक्सीजन रेल हो हर प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां है वही पर रहें उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के आश्वासन से मदद मिलेगी उन्होने कहा कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को बताना होगा कि उन्हें अगले कुछ दिनों में टीका लगाया जाएगा और उनकी नौकरी बनी रहेगी श्री मोदी ने डॉक्टरों स्वास्थ्यकर्मियों स्वच्छताकर्मियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिबद्वता की सराहना की प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है

अब कर्फ़यू सप्ताह में शनिवार और रविवार को लागू होगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के पांच सौ से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं जो महाराष्ट्र राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है नगर विकास मंत्री आश्तोष टंडन ने वर्चअल मीटिंग के जरिये प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्तों को कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कटेनमेंट जोन से लेकर हर वार्ड में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाने अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था दुरुस्त करने पेय जल के संकट को दूर करने और वर्षा ऋत् से पहले नालों की साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए

श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में सभी निगरानी समितियां होम आइसोलेशन के लोगों की देखरेख करने के लिए सक्रिय हो जाएं वर्चुअल बैठक में सचिव नगर विकास विभाग अनिल कुमार अनुराग यादव और विशेष सचिव नगर विकास विभाग संजय यादव एवं इंद्रमणि त्रिपाठी व प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्त वर्यूअल कांफ्रेंस में जुड़े रहे देश में केवल दो महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग चार गुना कर दी गई है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर बीस नियंत्रण कक्षों को फिर शुरू किया है कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चन्द्र ने कहा कि यह सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है मंत्रालय ने बताया कि संकट में फसे मजदूर ई मेल मोबाइल और व्हॉटसेप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं मुख्य श्रम आयुक्त दैनिक आधार पर सभी बीस नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं

एक रिपोर्ट वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करते हुए अयोध्या में आज चैत्र रामनवभी के अवसर पर राम जन्मोत्सव सादे समारोह के रूप में धार्मिक वातावरण में मनाया जा रहा हैतो संत धार्माचार्यों के आह्वान पर घर घर जन्मोत्सव मानाने की तैयारी हो रही हैद्यदोपहर राम जन्मोत्सव के समय श्री राम जन्म भूमि मॉदेरकनक भवनश्री राम बल्लाभाकृंज मॉदेर सहित सभी मॉदेरों में राम जन्मोत्सव की चौपाई गूंजेंगी और भव्य आरती की जायेगीसंतों के आग्रह को असर साफ दिखाई दे रहा हैविगत वर्षों श्रद्वालुओं से पाती रहने वाली अयोध्या आज सूनी है राजेद्र सोनी आशावाणी समाचार अयोध्या प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम प्रेम सदभाव और लोक कल्याण के प्रतीक थे हमें उनके आदर्शो को अपने जीवन में उतारते हुए लोक कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिये वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आदि शक्ति माँ भगवती की शक्ति और मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की मर्यादा हम सबको अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों से जोड़ने में एक नई शक्ति प्रदान करेगी